उन्होंने कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देगा श्री राजनाथ सिंह आज मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा के राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक रैली को संबोधित कर रहे थे रक्षा मंत्री ने विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों के बीच भ्रम फैलाने और दुष्पचार करने का आरोप लगाया उधर केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज कानपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भ्रम फैलाकर भड़का रहे हैं

उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है इसलिए वे नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जनता के बीच अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी दे दी गई इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में किसान अथवा उसके आश्रित की मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में सरकार उन्हें पांच लाख रूपए की आर्थिक सहायता देगी इस योजना का लाभ बटाई पर खेती करने वाले किसानों और उनके आश्रितों को भी मिलेगा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यह योजना बीते चौदह सितंबर दो हजार उन्नीस से प्रमावी होगी योजना से प्रदेश के दो करोड़ तैंतीस लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आगामी दिनों में राज्य के स्थापना दिवस गणतंत्र दिवस गंगा यात्रा और आरोग्य मेलों के संबंध में व्यापक प्रदन्ध सुनिरिचत करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री कल रात वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे श्री योगी ने चौबीस जनवरी को प्रदेश के स्थापना दिवस को सभी जिलों में भव्यता से मनाने के निर्देश दिए उन्होंने जिलों में एक जनपद एक उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन करने और कारीगरों एवं शिल्पियों को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने सत्ताईस से इकत्तीस जनवरी तक आयोजित होने वाली गंगा यात्रा में आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित करने को कहा है उन्होंने गंगा यात्रा के दौरान सभी जनपदों में पांच दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने के भी निर्देश दिए गंगा यात्रा बिजनौर बलिया और कानपुर जनपदों से होकर गुजरेगी मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्लास्टिक के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए श्री योगी ने अधिकारियों को दो फरवरी से प्रदेश के सभी जनपदों में ग्रुरू हो रहे आरोग्य मेलों की तैयारी सुनिश्चित करने को भी कहा है घने कोहरे की वजह से चंदौली और गोंडा जनपदों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की मृत्यु हो गई जबकि पंद्रह अन्य घायल हो गये चंदौली के बलुआ क्षेत्र में कल रात एक कार अनियंत्रित होकर नहर में पलट गयी जिससे उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गये दुर्घटना कैलावर चौकी के अंतर्गत अमरीपुर गांव के पास हुयी पुलिस के अनुसार कार सवार सभी आठ लोग वाराणसी से चंदौली लौट रहे थे उधर गोंडा में आज घने कोहरे की वजह से चार वाहनों के आपस में टकरा जाने से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गयी और दस अन्य घायल हो गए दुर्घटना खरगुप्र क्षेत्र के बहराइच मार्ग पर मल्लापुर ठंडवरिया के पास हुई पुलिस के अनुसार सबसे पहले एक ट्रक टायर फटने के कारण अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकराया जिसके बाद पीछे से आ रही एक रोडवेज बस और डीसीएम भी ट्रक से जा भिड़े हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गयी जबकि दस अन्य लोग घायल हो गये मऊ जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग मरीजों के रक्त के नमूने एकत्र कर रहा है इस रोग से ग्रसित मरीजों के रक्त के नमूने रात के समय लिए जाते हैं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र सिंह ने कहा कि जांच में फाइलेरिया की पृष्टि होने पर स्वास्थ्य विभाग मरीज को निशुल्क दवाए और उपचार उपलब्ध कराएगा उन्होंने कहा कि जनपद के प्रत्येक विकास खंड में पांच सौ लोगों के रक्त के नमूने लेने का लक्ष्य है उन्होंने कहा कि रक्त के नमूने एकत्र करने का कार्य पूरा होने पर इनकी जांच की जाएगी उन्होंने बताया कि यह सर्वे उन्तीस जनवरी तक चलेगा पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के राजापट्टी छपरा कचहरी तथा खैरा और छपरा के बीच रेल लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि तेईस जनवरी यानी कल से तारों में करंट प्रवाह शुरू हो जायेगा उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे रेल लाइन के ऊपर से गुजर रहे तारों के समीप न जाएं